प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शीतलहर का प्रकोप जारी

आज मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना है गोरतलब है कि लोकसभा तीन तलाक विधेयक को पिछले ब्रहस्पतिवार को विपक्ष के वॉक आउट के बीच पारित कर चुकी है इस विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तूरंत तलाक देने को गैर कानूनी करार देने और इसके लिए तीन साल की कैद का प्रावधान किया गया है

वहीं जिला परिषद की एक सीट पर हुए उप चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है

नागौर पाली सिरोही श्रीगंगानगर सवाईमाधोपुर धौलपुर दौसा और उदयपुर में भी पाला पड़ने की संभावना है इसी तरह भरतपुर अलवर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीकर चूरू हनुमानगढ़ में शीतलहर का असर रहेगा हालाँकि न्यूनतम तापमान में बढोतरी हई है लेकिन सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिली है

इस दौरान सीकर के फतेहपुर में आज फिर न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से नीचे रहा

स्वाइन फलू से पिछले आठ दिन में आठ लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच संभाग में स्वाइन फ्लू के बढ़ते असर के बाद कल जयपुर से चिकित्सकों की टीम जोधपुर पहुची चिकित्सकों की टीम ने डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज में बैठक ली और इलाज को बारे में दिशानिर्देश दिए

इस बीच जयपुर मंडल के किशनगढ़ से सत्रह किलोमीटर दूर फुलेरा के नजदीक बनाए गए न्यू साखुन पर नई रेलवे स्टेशन भवन की भी शुरूआत की गई इस परियोजना का तीसरा चरण मदार से मारवाड़ जंक्शन तक तैयार किया जाएगा जो आगामी मार्च तक पूरा कराया जाने का लक्ष्य है साथ ही मारवाड़ से गुजरात के पालनपुर तक ट्रैक निर्माण का कार्य अगले वर्ष सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने जयपुर में शिक्षा संकुल से इसे जारी किया

लोग अपने अपने तरीके से नये साल का स्वागत करने में जुटे हुए है होटलों शोपिंग मॉल्स और बाजारों में खास सजावट की गई है कई स्थानों पर नृत्य संगीत के रंगारंग कार्यक्रम होंगे वहीं विभिन्न संस्थानों और संगठनों की ओर से दूध वितरण कर नये साल का अभिनंदन किया जायेगा विभिन्न मंदिरों में भी भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण के कार्यक्रम होंगे प्रदेश में नववर्ष के स्वागत के लिये बडी संख्या में देशी विदेशी सैलानी आये हुए है जिससे पर्यटन स्थलों पर अच्छी रौनक बनी हुई है और पर्यटन व्यवसाइयों में खास उत्साह नजर आ रहा है सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर में अच्छी तादाद में पर्यटकों की आवक हुई है हमारे संवाददाता ने बताया कि वन्य जीवों की अठखेलियों के बीच ये नये साल के स्वागत को उत्सुक है

नागौर में भी नये साल के आगमन पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही है यहां कई जगहों पर रंगोलियां बनाई गई है नये साल के जश्न को देखते हुए पुलिस शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये असामाजिक तत्वों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी

ऐसे में आईये नजर डालते है इस साल की प्रदेश की उन घटनाओं पर जिन्होंने सुर्खिया बटोरी

पुलिस इन्हे कल बीकानेर लेकर आई जहां इनसे पूछताछ की जा रही है